श्री गहलोत कर्फ्यूंग्रस्त इलाकों में हालात की जानकारी ले रहे है वहीं लॉकडाउन के दौरान प्रदेश में शांति और कानून व्यवस्था की स्थिति के बारे में भी जानकारी ले रहे है इधर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी भी इस समय आयुष सेवा से जुडे विशेषज्ञों से वीडियो कांफ्रेंस के जरिये बात कर रहे है

ये लोग भीलवाडा और अजमेर से है

जयपुर के रामगंज में गुरूवार को मिले कोरोना पॉजीटिव व्यक्ति के साथी में भी कोरोना संक्रमण पाये जाने के बाद जिला प्रशासन ने एतिहात के तौर पर समूचे चार दीवारी क्षेत्र में कर्फ्यू लगा दिया है इस दौरान मंदिर मस्जिद गुरूद्वारे गिरिजाघर सहित सभी धार्मिक स्थलों में आमजन दर्शनार्थियों श्रृद्धालुओं के प्रवेश पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा गौरतलब है कि केन्द्र सरकार द्वारा घोषित लॉकडाउन के दौरान भी धार्मिक स्थलों को बंद रखे जाने के निर्देश दिए गए है केवल आवश्यक सेवाएं ही सुचारू रखने के लिए कहा गया है इधर राज्य के अतिरिक्त मुख्य सचिव गृह राजीव स्वरूप ने बताया कि कंप्यू के दौरान आवश्यक सेवाओं को सुचारू रखे जाने के इंतजाम किए गए हैं

उन्होंने कहा कि सरकार ने इस समय विधायकों को यह छूट दे दी है कि वे अपने विधायक कोष से सोशल वेलफेयर और गरीबों को भोजन व्यवस्था के लिए शत प्रतिशत राशि तक खर्च कर सकें

मुख्यमंत्री ने कहा कि कोरोना संक्रमित मरीजों का इलाज कर रहे डॉक्टर और नर्सेज हाई रिस्क जोन में सेवाएं र्दे रहे हैं

उन्होंने कहा कि मरीजों के सीधे सम्पर्क में आने वाले इन चिकित्सकों और नर्सेज को संक्रमण से बचाने के लिए विश्व स्वास्थ्य संगठन की गाइडलाइन के अनुसार एचसीक्यू दवा का कोर्स दिया जाए

अब डीआरडीओ ने अपने स्तर पर इसे विकसित किया है डीआरडीओ के बेंगल्रू लैब में वेंटिलेटर विकसित करने का कार्य भी किया जा रहा है

भारतीय आयूर्विज्ञान अनुसंधान परिषद के महामारी विज्ञान और संचारी रोग विभाग के प्रमुख डॉक्टर रमन आर गंगाखेडकर ने बताया कि शुरूआत में कोरोना पीडितों की संख्या कम होने के कारण भारत ने इस परीक्षण में हिस्सा नहीं लिया था कल संवाददाताओं से बातचीत में उन्होंने कहा कि भारत ने देश की जनता के लिए टीका परीक्षण में शामिल होने की इच्छा व्यक्त की है